मुख्यमंत्री ने खान भूतत्व वन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश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

मास्क पहनें दो गज की दुरी है जरूरी सुरक्षित दुरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को आज राज भवन बुलाया राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष को विश्वविद्यालय शिक्षकों के लंबित प्रोन्नति बैकलॉग नियुक्ति के साथ साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया जल्द पूरी करने का निर्देष दिया इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह उपस्थित थे

इस मौके पर मंत्री श्री भोक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार जहां एक ओर विकास योजनाओं से लोगों को फायदा पहंचाने का काम कर रही है और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए भी पुरी तरह कृतसंकल्पित है इस मौके पर श्रममंत्री ने कि अब किसानों द्वारा मेहनत से पैदा किए उनके धान अब बिचौलियों के हाथों बेचना नहीं पड़ेगा और वे अपने बहमुल्य धान को सरकारी धान क्रय केंद्र के माध्यम से सरकारी दरों पर बेचकर लाभान्वित हो सकेंगे झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट संतानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है कल दो सौ एक लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छट्टी मिली है अबतक एक लाख नौ हजार एक सौ एकतालीस मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार पांच सौ इकासी सक्रिय केस हैं कल कोरोना के दो सौ बारह नए मरीज मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या एक हजार हो गई है अब तक प्रदेश में पैंतालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है कल पंद्रह हजार से अधिक कोविड टेस्ट किये गये आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉ मध्र यादव ने लोगों से अनुरोध किया कि वे कोरोना से बचाव के लिए ऐहतियाती उपायों का पालन करें

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों कई आवष्यक दिषा निर्देष देने के साथ ही राजस्व संग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देष दिया खान भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़ चट्टान जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंक्श लगाने की दिशा में कार्य करे उन्होंने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग परिवहन विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें

यह श्रीमती सीतारामन का तीसरा बजट होगा केन्द्र सरकार के तीन कृषि बिल को लेकर आज भाजपा की ओर से सभी प्रमंडलों में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के सांसदों विधायकों और नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि कानून के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी राजनींतिक दलों द्वारा किसानों को दिग्भ्रमित और बरगलाने का काम किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला टाउन हॉल में आज कोल्हान प्रमंडल किसान पंचायत को संबोधित किया श्री मुंडा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो इस दिषा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है

खास बात यह है कि इस बार आई आई एम रांची के नया सराय पुनदाग स्थित स्थायी कैंपस में अपना वार्षिक समारोह मना रहा है स्थापना दिवस समारोह के मौके पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश और लोकसभा सदस्य राजू बिस्ता वर्चुअल तरीके से उपस्थित थे समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि आई आई एम को पूर्वी भारत का अग्रणी संस्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है

श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात्मक सुझाव को स्वीकार करेगी सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना के सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि केरसई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट की घटना हुई थी इस मामले में गठित टीम ने अंनुसधान के दौरान आरोपी अमित टोप्पो को गिरफ्तार किया उसकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल और मोबाइल एक कुएं से बरामद की गई और लूटकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया राजधानी रांची स्थित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाये हए है

जिले में अवैध खनन रोकने के लिए खूंटी जिला प्रशासन की करवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप है जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में जितने भी क्रेशर खदान और अवैध खनन कार्य चल रहे हैं सभी खदानों पर जांच जारी है उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि जिले में अवैध खनन करने वाले माफियाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है

पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में दादी की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पोते को ही गिरफतार कर लिया है